वन व परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू में अटल सदन के पास पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का शिलान्यास नागूझौड़ माशना थाच रोड़ पॉलीटैक्निक कॉलेज भवन व जिलाधीश कार्यालय भवन का उदघाटन करेंगे इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री रथ मैदान में पारंपरिक वादय यत्रों की सामूहिक देवधुन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की छठी सांस्कृतिक संध्या में भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे

गोबिंद ठाक़र ने जिले के सभी लोगों से अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव के समापन समारोह में भाग लेने की अपील की है वहीं बीती शाम अतंर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में पुजारी संघ दवारा महाआरती का आयोजन किया गया था जबकि पांचवी सांस्कृतिक संध्या में मलेशिया मध्यप्रदेश सहित स्थानीय कलाकारों ने खूब रंग जमाया लाहौल स्पिति के एक सांस्कृतिक दल लायुल सुर संगम ने भी जनजातीय संस्कृति की छटा बिखेरी प्रदेश में गिरते तापमान से ग्लेशियर जमने शुरू हो गये हैं जिसके चलते नदी नालों का बहाव कम हो गया है

महर्षि वाल्मीकि के मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भगवान बाल्मीकि जी के प्रकाटोत्सव पर प्रदेशवासियों को शुभकामनायें दी हैं अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में चार हजार महिलाओं द्वारा आयोजित महानाटी को सचित्र प्रकाशित किया है

अमर उजाला की सुर्खी है कुल्लू दशहरा में चार हजार महिलाओं ने डाली कुल्लवी महानाटी जबकि आपका फैसला के शब्द हैं दुनिया ने लाईव देखी अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की नाटी पंजाब केसरी ने अपने बॉटम में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा जनहित याचिका पर लिए संज्ञान से जुड़ी खबर को सुर्खी दी है समी राज्यों में लागू हों न्यूनतम मूल्य पर सामुदायिक किचन सिस्टम

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है एनजीटी की गाइडलाईन के हिसाब से होगा निवेश दैनिक जागरण के अनुसार विदेशी कंपनियां भी करेंगी प्रदेश में निवेश सात नवम्बर को धर्मशाला में प्रधानमंत्री बनेंगे इंवेस्टर मीट के गवाह वहीं हिमाचल दस्तक का कहना है नई दूरिज्म पॉलिसी में पहली बार जुड़ा यह प्रावधान नए होटल को सड़क और पानी देगी सरकार

एक माह में पेश करें ईको जोन का ड्राफ्ट शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है रोहतांग पर एनजीटी सख्त